मध्यप्रदेश में सरकार बनाने का किया दावा

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित कई केन्द्रीय मंत्री प्रचार में जुटे

राजनाथ सिंह केन्द्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने कहा है कि कांग्रेस सरकार के समय प्रदेश में विश्वसनीयता का संकट खड़ा हो गया था जबकि बीते चार सालों में हमने इस छवि को तोड़ने का काम किया है आज भोपाल में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े चार साल में ही सरकार ने बहुत बदलाव किये हैं उन्होंने विश्वास व्यक्त किया की भाजपा मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ विघानसभा चुनाव जीतेगी उन्होंने जोर देकर कहा कि देश में बढ़ रहे साइबर अपराधों पर सरकार चिंतित है और इससे निपटने के लिए साइबर अपराध प्रणाली आई फोर सी यानी इंडियन साइबर काइम कॉर्डिनेशन सेंटर को अंतिम रूप दिया जा रहा है इसके अलावा साइबर पुलिस का गठन भी हम कर रहे हैं चुनाव प्रचार प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिये चुनाव प्रचार जोरों पर है प्रमुख राजनैतिक पार्टियों के दिग्गज नेता राज्य में सभाएं कर रहे हैं

वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कटंगी बरघाट सिवनी और सौंसर में प्रचार सभाओं में हिस्सा लेंगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक दिवसीय दौरे पर आज इंदौर में कांग्रेस के पक्ष में जनसभा करेंगे पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्ध रीवा शहडोल जबलपुर और छिंदवाड़ा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ अमरवाड़ा गाडरवाड़ा भोजपुर भोपाल में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार सभाएं करेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बालाघाट और परसवाड़ा में पार्टी उम्मीदवारों के लिए चुनावी सभाएं करेंगे वहीं बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती मुरैना और भिंड जिलों में बसपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगी निर्वाचन समीक्षा निर्वाचन आयोग के उप मुख्य निर्वाचन आयुक्त चन्द्रभूषण ने आज मुरैना में होने वाले विधानसभा निर्वाचन के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने संभागीय अधिकारियों सहित जिले के निर्वाचन में अपनी सहभागिता कर रहे सभी अधिकारियों की बैठक ली इस बैठक में उन्होंने जिले के निर्वाचन अमले को निर्देशित किया कि जिन मतदाताओं के नये वोटरकार्ड बनाये गये हैं उन्हें शीघ्र से शीघ्र वितरित किये जावे समीक्षा बैठक से पूर्व निर्वाचन के अधिकारियों द्वारा आयोग से मेजे गये प्रेक्षकों से गहन चर्चा कर मुरैना जिले में संचालित चुनावी गतिविधियों की जानकारी ली पत्रकारों से चर्चा करते हये निर्घारित सीमा से अधिक व्यय होने के सवाल पर श्री चन्द्रभूषण ने कहा कि इसे रोकने के लिये मतदाताओं को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए निर्वाचन आयोग द्वारा बनाये गये सी विजिल एप पर कोई भी मतदाता फोटो वीडियो अपलोड कर सूचना दे सकता है इन्हीं के आधार पर अधिक व्यय को रोकने में आयोग को सुविधा होगी

श्री मोदी इस मासिक कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण मुद्दो पर बात करते रहे हैं उन्होंने कई बार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के साथ अपने विचार साझा किये हैं वहीं योग के लाभ की चर्चा की है और इसे स्वास्थ्य में बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण बताया है

चार अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गए घायलों को नजदीकी स्वास्थ्य केंन्द्र मालथौन में मर्ती कराया गया जहां उनका प्राथमिक उपचार के उपरांत सागर जिला अस्पताल भेजा गया है प्रलिस के अनुसार ललितपुर के मोतीलाल साहू का परिवार सागर से एक पारिवारिक कार्यक्रम में जा रहे थे इस दौरान मालथौन थाना अर्न्तगत मांदरी फाटक के पास यह दुर्घटना हो गयी हादसे की सूचना पर अनुविभागीय अधिकारी सहित पुलिस दल मौके पर पहुंच गये पात्रता परीक्षा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा नौ दिसंबर को होगी

उन्हें एडमिट कार्ड अलग से नही मेजा जायेगा मत्स्य पालन दिवस आज विश्व मछली पालन दिवस है दुनियाभर में इस व्यवसाय से जुड़े लोग इस अवसर पर रैलियां कार्यशालाएं सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनियों का आयोजन कर मानव जीवन के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डालते हैं एक ट्वीट संदेश में केन्द्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने मत्स्य उत्पादन बढ़ाने रोजगार के अवसर पैदा करने और इसके पोषक तत्वों को बनाये रखने के लिए इस पेशे से जुड़े लोगों के प्रयासों की सराहना की है

इस्लाम धर्म के अनुयायी इस दिन को ईद मिलाद उन नबी के रूप में मनाते हैं पेगम्बर मोहम्मद के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित प्रेरणादायी कार्यक्रम भी आयोजित किये जा रहे हैं सतना जिले में भी मिलाद उन नबी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेशवासियों को मिलाद उन नबी की बघाई और श्रभकामनाएं दी हैं उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि पेगम्बर हजरत मोहम्मद साहब ने विश्व में शान्ति एकता और माईचारे के संदेश का प्रसार किया उनका व्यक्तित्व कृतित्व और आदर्श पूरी दुनिया के लिये अनुकरणीय है पैगम्बर हजरत मोहम्मद का जन्म दिवस आज आगरमालवा जिले में भी ईदमिलादुन्नबी के रूप में मनाया जा रहा है इस मौके पर जिला मुख्यालय सहित अन्य स्थानो पर कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे है